म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना वायरस के महामारी के कारण बढ़ती परिस्थितियों पर विचार विमर्श के लिए सभी राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ हई वीडियों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया अपने ट्वीट में म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियमित तौर पर कोरोना की स्थिति पर नजर रखने के कारण संक्रमण दर धीमा हुआ है

उन्होंने कहा कि अन्य तीन राज्यों असम मेघालय और मिजोरम में कोरोना पॉजिटिव के आठ ग्यारह और एक मामला है श्री सिंह ने कल पूर्वोतर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने क्षेत्र में सही समन्वय बनाते हए राज्य को कोरोना म्क्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र के राज्य सरकारों म्ख्य मंत्रियों और डोनर मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों को बधाई दी वीडियों कांफेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में शिलांग स्थित पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि शामिल थे

वेस्ट कामें और चांगलांग जिलों में सबसे ज्यादा छह छह राहत शिविर जबकि तवांग और कामले जिलों में पांच पांच शिविर बनाए गए है

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क पहने कोई भी उपभोक्ता को राजधानी क्षेत्र में ईंधन या एल पी जी सिलिंडर खरीदने की अन्मति नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट करते हुए कहा कि नो मास्क नो फ़्एल नियम को ईटानगर में कड़ाई से लाग़ किया गया है

ईस्ट सियांग जिला में ठेकेदारों और स्थानीय निवासी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हए निर्माण और क़षि गतिविधियों का कामकाज फिर से श्रु कर दिया है लेकिन लॉकडाउन के चलते जिले में मजदुरों की कमी के कारण निर्माण गतिविधियों का कार्य धीमी गति से चल रहा है